आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्वि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्मर भारत के लिए आवश्यक है आत्मनिर्मर भास्त अभियान में वर्चुअल गेम्स हो टॉप का सेक्टर हो सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निमानी है और ये अक्सर भी है जब आज से सौ वर्ष पहले असहयोग आदोलन शुरू हुआ तो गांवी जी ने लिखा था कि असहर्योग आन्दोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी राक्ति का बोष कराने का एक प्रयास है आज जब हम देश को आत्मनिर्मर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्मर बनाना है असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे ँवर आत्मनिर्मर भारत के वट कुक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दायित्व है श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें वेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की प्रधानमंत्री ने कोराना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की

मैं इसके लिए देश के किसानों को बयाई देता हूँ उनके परिश्रम को नमन करता हूँ श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी श्री मोदी ने कहा कि ये समय उत्सव का होता है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतलन बनाकर काम कर रहे हैं प्रघानमंत्री ने कहा कि देशभर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया पोषण माह के दौरान माई गॉव पोर्टल पर भोजन और पोषण प्रतियोगिता के अलावा मीम प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी श्री मोदी ने लोगों से इसमें हिस्सा लेने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की प्रधानमंत्री ने सुरक्षाबलों के सहयोगी के रूप में असाधारण योगदान करने वाले दो श्वान सोफी और विदा की चर्चा की इन दोनों को थल सेनाध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र दिए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न च्नौती को स्वीकार करते हए इसे अवसर में बदल दिया है उन्होंने कहा कि आज प्रौद्योगिकी का अध्यापन के लिए सहजता से उपयोग हो रहा है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हए कहा कि इससे देश में बडा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी श्री मोदी ने कहा कि दो हजार बीस में देश अपनी आजादी की पचहत्तरवी जयंती मनाएगा इसलिए यह जरूरी है कि आज की पीढ़ी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से परिचित रहे उन्होंने कहा कि इस दिशा में बहत काम किया जाना बाकी है और इसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने जिले और क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में अनुसंधान करें उन्होंने कहा कि कुछ विद्यालयों के विद्यार्थी स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर पचहत्तर कविताएं लिखने और स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों पर मंचीय कथाएं भी लिख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास व्यक्त किया है कि जिस तरह हमने मिशन मोड में आकर इंसेफ्लाइटिस और अन्य विषाणजनित रोगों को हराया है उसी तरह कोरोना को भी हराएंगे उनका कहना है कि यह पुरे देश की लडाई है इसके लिए सबको मिलकर लड़ना होगा जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती व्यापक जागरूकता से ही इसपर काबू पाना होगा मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लिए गए त्वरित निर्णय का ही नतीजा है कि एक सौ पैंतीस करोड की जनसंख्या वाले भारत में कोरोना नियंत्रण में है और हम सुरक्षित हैं उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोविड जांच हई लेकिन यहां संक्रमण और मुत्युदर दोनों सबसे कम है ऐसा जागरूकता की वजह से ही समय हो सका है उन्होंने अगले दो वर्ष में सभी तरह के विषाणुजनित रोगों के समाप हो जाने की उन्होंने उम्मीद जताई आश्रा ए मोहर्रम आज मनाया जा रहा है यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए कर्बला में अपने प्राणों का बलिदान दिया कोविड महामारी को देखते हए बडे पैमाने पर ताजिया जुलूस नहीं निकाले गये लेकिन कर्बला के शहीदों की शहादत की याद में मजलिस और धार्मिक सभाएं एहतियाती दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित की जा रही है इस्लामी कैलेंडर के सबसे पवित्र महीने मोहर्रम के दसवें दिन आज यौम ए अशुरा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हजरत इमाम ह्सैन की शहादत को याद किया है श्री मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम ह्सैन के लिए सत्य और न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं था